प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी जिलों के पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दियेमॉब लिंचिंग और अपराध के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने को कहा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने दूर दूर के गांवों में खोली विकास की राहबागेश्वर में कई गांवोग तक पहुंची सड़कग्रामीणों और काश्तकारों की जिन्दगी हुई आसान आज हिन्दी दिवस पर नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने विभिन्नि सरकारी विभागों के प्रमुखों को राजभाषा पुरस्का र प्रदान किये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी स्लग बिजली बैठक उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम बाजपुर नादेही किच्छा सहकारी चीनी मिलों के बगास से बिजली उत्पादन करेगा इसके बदले में निगम इन चीनी मिलों को बिजली वाष्प और रॉयल्टी देगा साथ ही चीनी मिलों के आधुनिकरण का काम भी निगम करेगा यह निर्णय मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया बैठक में बताया गया कि यू जे वी एन एल बगास से ऊर्जा बनाने का कार्य बिल्ड ऑपरेट एंड ऑन के आधार पर करेगा

बगास के अलावा दूसरे बायोमास का उपयोग भी ऊर्जा उत्पादन में करेगा केंद्र सरकार की योजना से डोईवाला चीनी मिल से एथनॉल का उत्पादन किया जाएगा साथ ही डिस्टिलरी और चीनी मिल एक साथ चलाये जाएंगे

इसके साथ ही बसावटों को संयोजित किये जाने पर प्रदेश ने देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है उन्होने कहा कि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर स्थापित करने के लिए इसी तरह टीम भावना से काम करते रहना है उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार प्रशासन विभिन्न संस्थाओं और राज्य के सभी नागरिकों को मिलकर काम करना होगा

स्लग वाप्कोस प्रदेश के भारत नेपाल सीमा पर बनने वाली बहुउद्देश्यीय विद्युत परियोजना पंचेश्वर बांध की डीपीआर तैयार कर ली गई है जबकि वन और पर्यावरण क्लियरेन्स के अन्य कार्य प्रगति पर है ये जानकारी वाप्कोस लिमिटेड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी दरअसल वाप्कोस लिमिटेड केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का उपक्रम है वाप्कोस के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का इस्तेमाल बिजली उत्पादन सिंचाई और ऊधमसिंह नगर में ग्रेविटी बेस्ड जलापूर्ति के लिए भी होगा

अधिकारियों ने जानकारी दी कि रिस्पना और बिन्दाल नदियों पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की डीपीआर अन्तिम चरण में है

स्लग अनिल रतूड़ी प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने आगामी विधानसभा सत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपद प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं आज पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश के सभी जनपद प्रभारियों और परिक्षेत्र प्रभारियों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से विधानसभा सत्र मॉब लिंचिंग अपराध और अपराधियों के विरुद्व विशेष अभियान आदि के बारे में दिशा निर्देश दिये बैठक में कहा गया कि महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने और उनको समानता की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है जनपद प्रभारियों को अपने अधीनस्थ फोर्स को संवेदनशील बनाने महिला अधिकारी को थानाध्यक्ष या चौकी इन्चार्ज की जिम्मेदारी बनाने के निर्देश दिये गए श्री रौतेला ने कहा कि मॉब लिंचिंग यानि भीड़ द्वारा हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जनपद प्रभारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है मॉब लिंचिंग को रोकना अब उनकी जिम्मेदारी है उन्होंने मॉब लिंचिंग में एफआईआर करने और सोशल मीडिया में हिंसा भड़काने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये पुलिस महानिदेशक ने बताया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और लंबित विवेचनाओं के निस्तारण के लिए प्रदेशभर में एक सितम्बर से चलाये जा रहे विशेष अभियान की अवधि को बढ़ाया गया है

देहरादून में बाल महिला संरक्षण गृहों के संचालकों और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों और महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाया जाय

इसी सोच के साथ दूर दूर के इलाकों तक सड़क पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई इस योजना के तहत बनी सड़कों से बागेश्वर जिले की बड़ी आबादी तक अब सुविधाएं पहुंचने लगी हैं काश्तकार जगदीश प्रसाद के मुताबिक पहले घोड़े खच्चरों से सब्जियां बाजार तक पहुंचाई जाती थी आना जाना पैदल होता था सड़क बनने से काफी सहूलियत हो गई है समय बचता है और पैसा भी

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने इन गांवों के लिए विकास की राह खोल दी है

दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रयपति एम वेंकैया नायडू ने विभिन्न विभागों मंत्रालयों और कार्यालयों के प्रमुखों को हिंदी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए श्री नायड् ने कहा कि हिन्दी के बगैर हिन्दुस्तानी को आगे बढ़ाना संभव नहीं और सबको अपनी मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए समारोह की अध्यक्षता करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिन्दी देश को जोड़ती है उन्होंने कहा कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी कंपनियां भी हिन्दी को बढ़ावा दे रही है स्लग हिन्दी दिवस इस बीच प्रदेशभर में हिंदी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मातुभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी और शिक्षण संस्थानों और स्कूलों में संगोष्ठियों का आयोजन किया गया इस मौके पर लोगों को हिन्दी भाषा की अहमियत और विदेशों में हिन्दी की लोकप्रियता के बारे में बताया गया खासकर युवाओं से हिन्दी के संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की गई

अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिन्दी हमारे सम्मान स्वाभिमान और गर्य की भाषा है हिन्दी ने हिन्दुस्तान को विश्व में एक नई पहचान दिलाई है वैश्विक स्तर पर हिन्दी की स्वीकार्यता बढ़ी है उन्होंने कहा कि आज हिन्दी विश्व में करोड़ों लोगों तक पहुंच रखने वाली दूसरी सबसे बड़ी सम्पर्क भाषा है

मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अपनी मातु भाषा के सरंक्षण और सवर्दधन के लिए हिन्दी के प्रति अपने लगाव में कमी न आने दें क्योंकि मातु भाषा ही हमें अपनी संस्क्र ति से जोड़ने में मददगार होती है